झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आज से षुरू हो रही है सुनवाई और झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेन्द्र सिंह का आज बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या चार सौ आठ हो गई है कल मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के सिल्ली प्रखण्ड से दस लातेहार से पांच सिमडेगा और पष्चिमी सिंहभूम से तीन तीन गढ़वा रामगढ तथा बोकारो से दो दो जबकि पलामू गुमला खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के एक एक मरीज षामिल हैं खूंटी जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज मिला है झारखंड में अब सिर्फ साहेबगंज जिला ही कोरोना संक्रमण से मुक्त है बाकी सभी तेईस जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं

इससे देश के विमिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से विमान सेवाएं आज शुरू होने की संभावना है

इसके साथ ही यह संख्यां बढ़ती जाएगी इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुण्डा हवाई अडडे से पहले दिन कल चार विमानों की आवाजाही हुई दो महीने के बाद कल दिल्ली बेंगलूरू और हैदराबाद से चार विमान रांची पहुंचे और वापस रवाना हुए रांची पहुंचे पांच सौ से अधिक यात्रियों को जांच के बाद चौदह दिनों के लिए होम क्वारन्टीन पर भेज दिया गया है

इन उपायों की उच्चस्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है

इन सुविधाओं को तीन श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है

रेल मंत्री पीयुष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तीन हजार से अधिक श्रमिक रेलगाडिया सफलतापूर्वक चलाई गयी और उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिको को देश के विभिन्न में भागों उनके गृह राज्य में पहुंचाया एक टवीट में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें

उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है ताकि वे लघु व्यापार के लिए आसान ऋण उपलब्ध करा सकें

उन्होंने उद्योग जगत से अपील की है कि वह संकट से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण बनाये रखें केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनने के लिए उत्पादन और लाजिस्टिक की लागत में कमी लाने की आवश्यकता है

उच्च न्यायालय के सभी बेंच आज सुबह साढे दस बजे से षाम चार बजे तक चलेंगे सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सभी वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का लिंक भेज दिया गया है जिन वकीलों के पास वीडियो कॉन्फ्रंसिंग की सुविधा नहीं है उनके लिए उच्च न्यायालय परिसर में छह कियोस्क बनाए गए हैं वकीलों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है आज की सुनवाई के लिए सभी तरह के मामले सुचीबद्व किए गए हैं इससे पहले लॉकडाउन को लेकर सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही थी राजेन्द्र सिंह झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेन्द्र सिंह का आज बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा इनका पार्थिव षरीर कल देर रात गुरूग्राम से बेरमो के ढोरी क्वार्टर स्थित उनके आवास पहंचा बोकारो जिला मुख्यालय में पार्थिव षरीर को पृष्प चक्र चढाकर राजकीय सम्मान दिया गया

कल रात कोरोना का एक नया मामला सामने आया

इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा सभी श्रमिकों का भव्य स्वागत किया गया गिरिडीह उपायक्त राहल कुमार सिन्हा ने बताया कि ट्रेन में झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिक सवार थे गिरिडीह पहुँचे मजदूर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधा से खुश नजर आए

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हए सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारा गया और स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य जांच की गई इसके बाद उन्हें उनके गृह जिलों के लिए बसों में बैठाकर रवाना किया गया इस मौके पर पूर्वी सिंहमूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला तथा वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन स्टेशन परिसर में उपस्थित होकर व्यवस्थाओं पर नजर रखे हए थे

श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पुछ सकते हैं

बताया जा रहा है की कार कोलकाता की तरफ से तेज रफतार से आ रही थी गोविन्दपुर पुलिस पांचो षवों को लेकर पीएमसीएच रवाना हो गई है पुलिस षवों की षिनाख्त में जुटी है मुम्बई से हजारीबाग के ईचाक पहुंचे एक प्रवासी मजदुर की कल रात मौत हो गई यह मजदूर श्रमिक स्पेषल ट्रेन से आया था

अगलगी का कारण षॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है